हिमाचल निर्माता और प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को जयंती पर किया गया नमन जनसमस्याओं के त्वरित निपटान के लिए प्रदेश सरकार का जनमंच कार्यक्रम कल

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश में हरित क्षेत्र बढ़ाने के लिए और अधिक उत्साह व समर्पण की भावना से कार्य करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री शिमला में आज वन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने कैम्पा के तहत प्रदेश भर में तालाब बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर बल दिया और कहा कि इनके निर्माण से वनों में नमी बनी रहेगी जिससे वनों को आग से भी सुरक्षित रखा जा सकेगा मुख्यमंत्री ने वनों में आग की घटनाओं के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए महिला मण्डलों और स्वयं सहायता समूहों को शामिल कर व्यापक जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश भी दिए इस मौके पर वनमंत्री गोबिंद सिंह ठाकुर ने कहा कि इस वर्ष बंदरों को पकड़ने और नसबंदी के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा

इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर ने प्रदेश विधानसभा में उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की उन्होंने कहा कि डॉक्टर परमार ने न केवल प्रदेश को स्वतंत्र दर्जा प्रदान करने के लिए संघर्ष किया अपितु प्रदेश में सुदृढ़ विकास की नींव रखी

उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास और कल्याण के लिए एकजुट होकर कार्य करना ही इस महान नेता को सच्ची श्रद्धांजलि होगी इस अवसर पर डॉक्टर परमार के जीवन चरित्रों पर प्रस्तुति भी दी गई विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने डॉक्टर परमार को जन नेता बताया इससे पहले मुख्यमंत्री ने रिज मैदान स्थित डॉक्टर परमार की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की सोलन में इस अवसर पर सिरमौर कल्याण मंच द्वारा आयोजित कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि डॉक्टर परमार ने प्रदेश के विकास का मार्ग प्रशस्त किया

इस मौके एक रक्तदान शिविर भी लगाया गया इस बीच सांसद वीरेन्द्र कश्यप ने सिरमौर जिले के बागथन स्थित डॉक्टर वाईएस परमार सीनियर सैकेंडरी स्कूल में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता की

इस अवसर पर वीरेन्द्र कश्यप ने विद्यार्थियों से डॉक्टर परमार के आदर्शों पर चलने का आग्रह किया कांग्रेस इस बीच हिमाचल निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की जयंती पर शिमला स्थित कांग्रेस पार्टी के कार्यालय राजीव भवन में पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने उन्हें प्रष्याजंलि अर्पित की इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ठाकुर सुखविन्द्र सिंह ने कहा कि डाक्टर परमार ने हिमाचल की नींव रखी और उनके द्वारा लाए एचपी लैंड टैंनेसि एक्ट के कारण ही हिमाचल की जमीनें नीलाम होने से बची है उन्होंने कहा कि डॉक्टर परमार द्वारा हिमाचल को बसाने में दिए गए योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता है सरवीण चौघरी मण्डी जिले के लाल बहादुर शास्त्री मैडिकल कॉलेज नेरचौक में आज एक कार्यशाला लगाई गयी

उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने और गरीबों के उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की गई हैं सरवीण चौधरी ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को चैक और स्वच्छता पुरस्कार भी प्रदान किए मारकंडा लाहौल स्पिति जिला को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने लाहौल ईको टूरिज्म सोसायटी द्वारा जिस्पा में आयोजित तीन दिवसीय मेले के समापन अवसर पर ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि अगले वर्ष रोहतांग सुरंग से यातायात शुरू हो जाएगा जिससे लाहौल घाटी में पर्यटकों की संख्या में भारी वृद्धि होगी उन्होंने लोगों से पर्यटकों को अपनी प्राचीन संस्कृति से रूबरू करवाने का आहवान किया विक्रम उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ने कहा है कि उद्योगों को सुविधाजनक बनाने और उन्हें सक्षम वातावरण देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है सोलन जिले के बद्दी में सीआईआई की हिमाचल इकाई द्वारा आयोजित कॉनक्लेव में उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य राज्य में एम एसएमई को बढ़ावा देने के लिए आदर्श माहौल बनाना है विक्रम सिंह ने कहा कि उद्योगों को नियमित व्यापार गतिविधियों को आगे बढ़ाकर राज्य व केंद्र सरकार के कौशल विकास मिशन में योगदान देना चाहिए

कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को एक ही स्थान पर सभी विभागों की सुविधाएं उपलब्ध करवाना है ताकि लोगों को विभिन्न विभागों के चक्कर ना लगाने पड़े कांगड़ा निर्वाचन क्षेत्र के तियारा में होने वाले जनमंच कार्यक्रम का शुभारंभ वनमंत्री गोविंद सिंह ठाकुर करेंगे शिमला जिला की ग्राम पंचायत बसंतपुर में होने वाले जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा के अध्यक्ष राजीव बिंदल करेंगे सिरमौर जिला के पावंटा साहिब क्षेत्र के भंगाणी में आयोजित किए जाने वाले जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर करेंगे वहीं उना जिला की भद्रकाली पंचायत में उद्योग मंत्री विक्रम सिंह और कुल्लू जिले के बंजार विधानसभा क्षेत्र के मंगलौर गांव में शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे बिलासपुर जिले के घुमारवीं निर्वाचन क्षेत्र के हटवाड़ में होने वाले कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज जनसमस्याए सुनेंगे इस दौरान विभिन्न विभागों द्वारा जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के अलावा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया जाएगा राम स्वरूप सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा है कि प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है मंडी जिले के करसोग में नए भाजपा मण्डल अध्यक्ष कुन्दन ठाकुर के सम्मान समारोह में उन्होंने कहा कि करसोग विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यो के लिए बीते चार वर्ष में सांसद निधि से सवा करोड़ रूपए से अधिक की राशि प्रदान की गई है

ये बात उन्होंने हमीरपुर और सुजानपुर में समाज कल्याण विभाग द्वारा कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को चैक वितरण समारोह में दी

उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती और भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा व विधायक रामलाल ठाकुर सहित प्रशासनिक व सैन्य अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे विजय कुमार बीते कल जम्मू कश्मीर के बारामुला जिले के सोपोर में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शहीद सिपाही विजय कुमार को श्रद्वांजलि दी है राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश के वीर जवान ने देश की एकता और अखण्डता को बनाए रखने के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि देश व प्रदेश विजय कुमार के बलिदान को हमेशा याद रखेगा राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना व शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने एक ट्वीट संदेश में शहीद विजय कुमार को श्रद्धांजलि अर्पित की है

चिटा गिरफ्तारी राज्य पुलिस विभाग ने नशे के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया है इसके तहत सोलन पुलिस ने प्रदेश में नशे की सप्लाई करने वाला एक अफ्रीकन नागरिक लाडोकैबरेज दिल्ली से गिरफ्तार किया है पुलिस अधीक्षक मधुसूदन शर्मा ने बताया कि पिछले दिनों चिट्टे के साथ पकड़े गए एक युवक से इस व्यक्ति के बारे में जानकारी मिली थी उन्होंने कहा कि चिट्टे के खिलाफ चलाए गए अभियान में लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है